कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम मीटिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण श्रू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है

देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अन्मति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मुल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

समिति के सदस्यों में प्रतिष्ठित नागरिक इतिहासकार लेखक विशेषज्ञ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ आजाद हिंद फौज से ज्ड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे यह समिति दिल्ली और कोलकाता के अलावा नेताजी तथा आजाद हिंद फौज से जुड़े देश विदेश के अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करेगी

साथ ही अधिक से अधिक इंजीनियर और राजमिस्त्री प्रशिक्षित कराये जाएं

यह डेटा सभी लाइन विभागों को सुनियोजित तरीके से भूकम्प सुरक्षित बनाये जाने के लिए उपलब्ध भी कराया गया है

चरणबद्ध तरीके से इन भवनों की रेट्रोफिटिंग का कार्य भी किया जा रहा है

उनमें से एक दिल्ली बरेली हल्द्वानी पिथौरागढ़ और चंपावत होते हुए अल्मोड़ा पहंची है अल्मोड़ा आने पर विजय मशाल का स्वागत किया गया

इस अवसर पर सेना की गैरिसन यूनिट द्वारा ब्रास बैंड सैनिक पाईप और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्त्त किये गए

कोविड वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने बिना बताए अवकाश पर जाने के लिए पांच डॉक्टरों और चार कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं

कार दुर्घटना टिहरी जिले में थाना देवप्रायाग के पास एक कार खाई में गिर गई इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मृत्य् हो गई

कार में उतर प्रदेश निवासी दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई

रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को को प्र प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया इसके अलावा आज पैराग्लाइडिंग ट्रेल रन माउंटेन बाइकिंग रिवर क्रॉसिंग वाटर रोलिंग हाइकिंग सफारी एयर बैलून राइड समेत अन्य प्रतियोगिताएं भी ह्ईं पुर्णागिरी धाम उतर भारत का प्रसिदध मां पूर्णागिरी धाम में लगने वाला वार्षिक मेला इस बार सीमित अवधि तक के लिए होगा वार्षिक मेले की रूपरेखा तय करने के लिए बनबसा में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पाण्डेय ने अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की आगामी दिनों में आयोजित होने वाले महाक्म्भ और अन्य परिस्थितियों को देखते हए इस साल पूर्णागिरि धाम में लगने वाला वार्षिक मेला सीमित अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा मेले के आयोजन के दौरान कोविड गाइडलाइन के मुताबिक तीर्थयात्रियों को मां पूर्णागिरी के दर्शन कराए जाएंगे

यहां उतर प्रदेश दिल्ली राजस्थान मध्यप्रदेश सहित पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी की संख्या में श्रदधाल हर साल मंदिर के दर्शन के लिए पहंचते हैं उत्तरायणी मेला बागेश्वर में माघ माह में हर वर्ष होने वाला उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में इस बार सिर्फ धार्मिक गतिविधियां होंगी कोरोना महामारी के कारण इस बार मेले में न विकास प्रदर्शनी लगेगी और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

इस बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी उतरायणी मेले में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने सैनेटाइजेशन और हाथ धोने के लिए व्यवस्था की जाएगी मेले के लिए दो जोन और पांच सेक्टर बनाए हैं

कचरे से मदनी रुद्वप्रयाग जिले की अगस्त्यम्नि नगर पंचायत कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबन्धन से लाखों रुपये की आय अर्जित कर रही है यहां पंचायत दवारा पर्यावरण मित्रों के सहयोग से शहरभर के कूड़े को डोर टू डोर एकत्रित कर कार्यालय परिसर में लाया जाता है इसके बाद कुंडे की छंटनी कर अजैविक क्डे को बेचा जाता है

आपको बता दें कि स्वच्छता के लिए नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई प्रस्कारों से नवाजा जा च्का है कंडोबिया पार्क पौड़ी वन पंचायत की कंडोलिया में स्थित भूमि पर एक पार्क बनाने का शुरुआत की गई है राज्य में सरकार दवारा स्थापित किया गया यह पहला पार्क है जहां कई सुविधाएं हैं इस पार्क में एक झील रेस्टोरेंट स्केटिंग रिंग कॉटेज बच्चों का प्ले स्टेशन जिम और ओपन एमपी थिएटर एक साथ बना हआ है

पौड़ी में स्थापित इस विविधता पूर्ण पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर से बना है इसके निर्माण पर्वतीय शैली में किया गया है और स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है इस पार्क में कोटी बनाल और काथाकोनी शैली एक साथ देखने को मिलती है यहां बना ओपन स्केटिंग रिंग इतनी ऊंचाई पर बना देश का पहला रिंग है पौड़ी आने वाले पर्यटकों के लिए यह पार्क एक सौगात है